भारत ने कहा है कि चीन इस मुद्दे पर भारत के स्पष्ट और ससंगत स्थिति से पूरी तरह अवगत है विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन सहित अन्य देशों से यहीं अपेक्षा करता है कि वे भारत के आंतरिक मामलों पर उसी प्रकार कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जिस तरह भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में नहीं करता भारत की यह प्रतिक्रिया चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता के उस बयान पर आई है जिस में उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने पर टिप्पणी की थी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जम्म् कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है भारत यह आशा करता है कि अन्य देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नगा समझौते के बारे में किसी भी अफवाह और भ्रामक सूचना पर कोई ध्यान न दें गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि मीडिया के एक वर्ग और सोशल मीडिया पर नगा लोगों के साथ सरकार का अंतिम समझौते होने की अफवाह फैलाई जा रही है इससे देश के कुछ भागों के लोगों को चिंता हो रही है बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार नगा गुटों के साथ किसी भी तरह के समझौते से पहले असम मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश समेत सभी पक्षों के साथ विधिवत परामर्श करेगी और उनकी चिंताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा उप मुख्यमंत्री चाऊना मैन राज्य विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना विधायक जिगनू नामचूम ने कल विधानसभा सचिवालय मे चल रहे एसेंब्ली म्यूजियम की कार्य प्रगति का निरिक्षण किया विधानसभा परिसर में स्थापित किया जा रहा इस संग्राहलय में विधानसभा की उत्पत्ति विकास और कामकाज के अलावा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी चित्रित किया जायेगा

दोईमुख स्थित गोवरमेंट कॉलेज के सातवें वार्षिक कॉजेल विक के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने छात्रों से प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और विश्व की किसी भी भाग में खुद को सक्षम बनाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि सभी को वाईट कॉलर सरकारी नौकरी में समायोजित करने की सीमित गुंजाईश है श्री मेन ने कहा पेमा खांडू के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में कई प्रशासिन और वित्तीय सुधार लाया है कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन के बाद भर्ती प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया गया है राज्य में पहली बार विविध भाषाओं के लेखकों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है ईस्ट सियांग जिले के प्राचीन नगर पासीघाट में कल से दो दिन का यह सम्मेलन श्रुरु होगा साहित्य अकादमी ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश साहित्य समाज ईटानगर के सहयोग से इसका आयोजन किया है देश की पच्चीस प्रमुख भाषाओं के लेखक और कवि तथा साहित्य जगत से जुड़े अन्य महत्वप्रर्ण व्यक्ति सम्मेलन में भाग लेंगे असम में कोकराझार जिले के सोराइबिल इलाके में कल विशेष कमांडो बल के साथ मुठभेड़ में दो उग्रवादी मारे गए इलाके में उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई यह मुठभेड़ उस समय हुई जब दो मोटर साइकिलों पर सवार उग्रवादियों को कमांडो ने रोकने की कोशिश की तभी उग्रवादियों ने कमांडो पर गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई में दोनों उग्रवादी गंभीर रुप से घायल हो गए उन्हें अस्पताल ले जाया गया डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया

सरकार ने कहा है कि वह निजता के अधिकार सहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार ने यह भी कहा है कि निजता भंग करने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी व्हाट्सएप पर भारतीय नागरिकों की निजता भंग करने के बारे में मीडिया की कुछ खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि ये केंद्र सरकार की छवि धूमिल करने की साजिश है और पूरी तरह भ्रामक है सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार कानून के प्रावधानों और प्रोटोकॉल के अनुसार काम करती है